इस दौरान पांच लाख से अधिक टेस्ट किये गये

राष्टपति राम नाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों की स्रक्षा के लिए कल पारित किये गये अध्यादेश को मंज़री दी हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सम्पर्क बैठक मोबाइल ऐप्लीकेशन की शुरूआत की गई

उच्च अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने कहा कि केन्द्र सरकार दवारा अपनाई गई नीतियों ने वायरस को एक खास स्तर पर रोकने में मदद की है उन्होंने कहा कि तालाबंदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने और कड़ी को तोड़ने व इसके दोग्णा होने मे लगने वाले समय दर बढ़ाने में मदद की उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना टेस्ट के आधार का काफी विस्तार किया है और पिछले एक माह में पांच लाख से अधिक टेस्ट किये गये है

सूचना ओर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कई टवीट कर इसे पूरी तरह झूठ और अफवाह बताया है उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां इजाज़त वाले क्षेत्रों में बिना किसी डर के सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने जैसी सावधानियों का ध्यान रखते हये उत्पादन कर सकते है

सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछली जनवरी से बकाया मंहगाई भते की किस्त् के अलावा पहली जुलाई और अगले सात पहली जनवरी को दी जाने दो और किस्ते भी जारी नहीं की जायेगी लेकिन मौजूदा मंहगाई भते की अदायगी जारी रहेग

गृहमंत्रालय की प्रवक्ता प्रण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि केन्द्र ने राज्यों केा बता दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों को घर में सेवा देने वाले प्रीपेड मोबाइल रीचार्ज जैसी स्विधाओं और शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइओं को तालाबंदी की बंदिशों से छूट दी गई है उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण ईंट भट्ठो पर काम ओर सीमेंट के कारखानों में काम जैसी गतिविधियां अब तेजी पकड़ रही है

कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को मंजूरी देते हये स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को दंडनीय और गैर जमानती अपराध बना दिया था भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉ राजन शर्मा ने अध्यादेश बारे आकाशवाणी से विशेष बातचीत में सरकार दवारा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरखा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत और समय पर की गई कार्रवाई के लिए प्रशंसा की है उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए बिना थके काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के हित में उठाया गया यह एक अच्छा कदम है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सोमवार सभी राज्यों के म्ख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे काबिले गौर है कि कोरोना वायरस के कारण तालाबंदी के मददेनज़र प्रधानमंत्री की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो कांफ्रेस होगी हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में प ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए आज संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लांच की

तालाबंदी के दौरान इससे बच्चों को घर बैठे पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा शिक्षा मंत्री ने यमुनानगर से इस एप्लीकेशन की शुरूआत करने के बाद बताया कि अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प ने वाले बच्चे मोबाइल एप के माध्यम से खेल खेल में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे कार्ट्रन व फिल्मों के माध्यम से पांचवी कक्षा की पढ़ाई को सरल व रूचिकर बनाया गया है उन्होंने बताया कि यह एप हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए विशेष तौर पर लाभप्रद साबित होगी इस एप्लीकेशन का उपयोग शिक्षकों अभिभावकों बच्चों के अलावा शिक्षा विभाग दवारा भी किया जा सकेगा इसमें विभाग दवारा जारी सभी दिशा निर्देशों से संबंधित पत्र व सुचना भी उपलब्ध होंगी

जिसके अन्सार अब कोई भी निजी विदयालय टयूशन फीस के अलावा ओर कोई शुल्क नहीं ले सकते प्रे देश में कोरोना वायरस के कारण तालाबंदी के कारण आजीविका स्रोतों पर पड़े विपरीत प्रभावों के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योदवाओं की मदद से अच्छा काम कर रही है

इनमें ग्रूग्राम से चार और रोहतक से दो व्यक्ति कोरोना पोजिटिव है

बच्ची को स्वास्थ्य सम्बधी और भी कई समस्यायें थ्जी पंजाब के फगवाड़ी से इस बच्ची को हद्वय में छेद होने के कारण उपचार के लिए पीजीआई लाया गया था और वह कई दिनों से बाल रोग विभाग में उपचाराधीन थी

इन सब की रिपोर्ट आज नेगीटिव आई है चंडीगढ़ कें प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि चंडीगढ़ में आम लोगों के इलाज के लिए डिस्पैंसरियां एवं वेलनेस केन्द्र खोल दिये गये है

रेवाड़ी रोडवेज के महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को वहां से लाने के बाद उन्के गृह जिलों में मेडिकल जांच के बाद क्वारनटीन किया जायेगा

उन्होंने अन्रोध किया है कि सभी पत्रकारों को सरकार अविलंब आयुष्मान योजना में भी शामिल करें